शपथ ग्रहण की तैयारियां अंतिम चरण में

लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद महागठबंधन में विवाद बढ़ा

पैंतालीस डिग्री अधिकतम तापमान के साथ आज डेहरी रहा राज्य का सबसे गर्म स्थान श्री नरेन्द्र मोदी कल अपने दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मनोनीत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति भवन में कल शाम सात बजे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे प्राप्त जानकारी के अनुसार एनडीए के घटक दलों को उनकी जीती गयी सीटों के आधार पर अनुपातिक रूप में मंत्रिमंडल में जगह दी जायेगी इधर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की जानकारी के अनुसार दोनों नेताओं के बीच जदयू कोटे से कितने और कौन कौन मंत्री बनेंगे इसपर चर्चा की गयी जदयू के राष्ट्रीय महासचिव के सी त्यागी ने कहा है कि जदयू के कौन सांसद मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे इसका फैसला नीतीश कुमार करेंगे वहीं लोक जनशक्ति पार्टी ने स्पष्ट किया है पार्टी प्रमुख रामविलास पासवान इस बार भी पार्टी प्रतिनिधि के तौर पर मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने एनडीए के दूसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर अपनी असमर्थता जतायी है श्री जेटली ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि स्वास्थ्य कारणों से उन्हें नई सरकार में शामिल न किया जाए उन्होंने कहा कि पिछली एनडीए सरकार और पार्टी संगठन में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी अपने पत्र में जेटली ने कहा कि उन्हें इलाज के लिए समय की आवश्यकता है लोकसभा चुनाव में निर्वाचित हुए कई विधायकों पार्षदों और राज्यसभा सांसद ने आज इस्तीफा दे दिया है पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित सांसद रविशंकर प्रसाद ने राज्य सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है इधर राज्य सरकार में मंत्री दिनेश चन्द्र यादव ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है श्री यादव मधेपुरा से सांसद निर्वाचित हुए है बांका संसदीय क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद गिरधारी यादव ने भी बिहार विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया दोनों ने विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी को अपना इस्तीफा सौंपा लोकसभा चूनाव में करारी हार के बाद महागठबंधन के घटक दलों में विवाद बढ़ने लगा है हार को लेकर आपस में आरोप प्रत्यारोप तेज होने के बीच आज पहली बार पटना में बैठक हुई पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर आयोजित बैठक में कांग्रेस को छोड़कर सभी घटक दलों राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के नेताओं ने भाग लिया बैठक के बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि पार्टी लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार के कारणों की समीक्षा करेगी उन्होंने कहा कि वे नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से भी विचार विमर्श करेंगे इधर कटिहार के कदवा से कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने तेजस्वी प्रसाद यादव को महागठबंधन की हार के लिए जिम्मेदार ठहराया है श्री खान ने कहा है कि कांग्रेस को महागठबंधन से अलग हो जाना चाहिए वहीं राष्ट्रीय जनता दल की आज भी लगातार द्रसरे दिन समीक्षा बैठक आयोजित की गयी विधानमंडल के सदस्यों की बैठक के दौरान कई विधायक बैठक में उपस्थित नहीं थे लोकसभा चूनाव में हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है पार्टी प्रवक्ता और समस्तीपुर से विधायक अख्तरूल इस्लाम शाहीन ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर वे अपना इस्तीफा दे रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी धनराशि के ट्रांसफर की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस प्रणाली के माध्यम से धन अंतरण की समय सीमा साढ़े चार बजे से छह बजे तक बढ़ा दी है रिजर्व बैंक ने कहा है कि नई व्यवस्था पहली जून से लागू होगी आरटीजीएस प्रणाली के तहत मुख्य रूप से बड़ी धनराशि अंतरित की जाती है इसके अंतर्गत धनराशि ट्रांसफर की न्यूनतम सीमा दो लाख रुपये है जबकि कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है राज्यपाल लालजी टंडन ने आज कहा कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था और गुणवत्ता में सुधार नहीं लाने पर कुलपतियों और पदाधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में कार्य में शिथिलिता बरतने वालों के विरूद्व कार्रवाई की जा रही है और यह आगे भी जारी रहेगी श्री टंडन आज पटना में विश्वविद्यालयों में शोध को बढ़ावा देने से संबंधित एक कार्यशाला के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में भीषण गर्मी पड़ रही है कई स्थानों पर अधिकतम तापमान बयालीस डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है और लू जैसी स्थिति बनी हुई है मौसम विभाग ने पटना और गया में अगले दो दिनों तक लू चलने की चेतावनी जारी की है रोहतास जिले का डेहरी आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान लगभग पैंतालीस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वहीं पटना का अधिकतम तापमान साढ़े एकतालीस डिग्री सेल्सियस और गया का चौवालीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इकतीस मई से राज्य के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी से राहत के आसार हैं इस दौरान ज्यादातर स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना जतायी गयी है वहीं कुछ स्थानों पर बारिश के दौरान बिजली गिरने की भी आशंका है दरभंगा जिले के अधिकतर इलाको में गंभीर जल संकट के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सरकारी तालाबों का सर्वेक्षण करने के लिए टीम गठित किया है जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एस एम ने बताया कि जिले में जल स्तर की प्रतिपूर्ति नहीं हो पा रही है भूगर्भ जल स्तर को रिचार्ज करने के लिए वर्षा के पानी का तालाबों और नहरों में संचयन सबसे जरूरी है जल संचयन के लिए तालाबों और कुओं को पुनर्जीवित किया जायेगा इधर राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने दरभंगा के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर पेयजल संकट की स्थिति का जायजा लिया उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये बेगूसराय पूलिस ने वीरपूर में एक व्यवसायी की अगवा कर हत्या करने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने बताया कि विशेष टीम ने आरोपियों को दो पिस्तौल तीन देशी कट्टा और छह गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है गौरतलब है कि व्यवसायी पृथ्वी चौधरी की पांच लाख रूपये फिरौती लेकर अपराधियों ने हत्या कर दी थी नवादा जिले के कौआकोल से अगवा किये गये तीन यूवकों की अपहरणकर्ताओं ने हत्या दी है तीनों यूवकों का छह दिन पहले अपहरण कर लिया गया था आज तीनों के क्षत विक्षत शव जमुई जिले के महादेवा मठ पहाड़ से बरामद किये गये घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश है पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के त्रमकड़िया गांव से पूलिस ने बीस हजार रूपये के जाली नोट के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया है बेतिया के पुलिस अधीक्षक जयंतकांत ने बताया कि विशेष दल की छापेमारी में मौके से पांच मोबाइल फोन जाली नोट बनाने का उपकरण और चार पहिया वाहन बरामद किया गया है गिरफ्तार अपराधियों को जेल भेज दिया गया है मुजफ्फरपूर जिले के काजी मोहम्मदपूर थाना क्षेत्र के भारत वैगन चौक के पास से पूलिस ने नशे में ध्रत वाणिज्य कर विभाग के एक पदाधिकारी को गिरफ्तार कर लिया वहीं जिले के सदर थाना के प्रभारी नवीन कुमार को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है अररिया के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ने गांजा तस्करी के मामले में एक व्यक्ति को दस साल के सश्रम कारावास और एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है रोहतास जिले के सासाराम थाना अंतर्गत तकिया ग्रमटी के पास मोटरसाइकिल पर सवार अपराधियों ने आज दिन दहाड़े एक व्यक्ति से एक लाख तीस हजार रूपये लूट लिये सीतामढ़ी के जिलाधिकारी रंजीत कुमार सिंह ने गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक अवधेश राम को पद से हटा दिया है शेखप्ररा जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनाने का अभियान फिर से शुरू किया गया है शिवहर जिले में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है

शपथ ग्रहण की तैयारियां अंतिम चरण में

लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद महागठबंधन में विवाद बढ़ा

पैंतालीस डिग्री अधिकतम तापमान के साथ आज डेहरी रहा राज्य का सबसे गर्म स्थान